ऐसे में चुनाव प्रचार चरम की ओर पहुंचने लगा है और कई केन्द्रीय नेता भी प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंच रहे हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकर ने आज क्ल्लू जिले के निरमण्ड और मण्डी ज़िले के सराज विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार किया उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव देश का भविष्य तय करेगा और भारत को शिखर पर पहुंचने के लिए नरेन्द्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना ज़रूरी है जयराम ठाकुर ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि वे व्यक्तिगत हितों के लिए एकज़ुट हो रही हैं उन्होंने दावा किया कि भाजपा प्रदेश की चारों सीटों पर जीत हासिल करेगी प्रचार कांग्रेस प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की प्रदेश में चुनावी रैलियां तय होने के बाद अब कांग्रेस पार्टी ने भी राहुल गांधी का चुनाव प्रचार कार्यक्रम तय कर दिया है

हरिप्रसाद ने केन्द्र सरकार पर देश में विकास कार्य ठप्प करने का आरोप लगाया उन्होंने दावा किया कि देश में कांग्रेस पार्टी की लहर है और हिमाचल में भी पार्टी चारों सीटें जीतेगी अनुराग ठाकुर हमीरपुर से भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर ने आज हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक स्थानों पर चुनावी सभाओं को संबोधित किया

अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस नेताओं पर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाते हुए कहा कि देश में चल रही भाजपा की लहर से कांग्रेस पार्टी बौखला गई है उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता बिना सबूत के ही राफेल सौदे में प्रधानमंत्री के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं अग्निहोत्री विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह कांग्रेस के एक कददावर नेता हैं और वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करते मण्डी में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर वीरभद्र सिंह के खिलाफ आधारहीन बयानबाज़ी कर रहे हैं अग्निहोत्री ने दावा किया कि कांग्रेस को लोगों का भारी समर्थन मिल रहा है और पार्टी इस बार चारों सीटें जीतेगी सुरेश कश्यप शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज कसौली विधानसभा क्षेत्र के देवठी देलगी हरिपुर सहित अन्य क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान के तहत चुनाव प्रचार किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कसौली को पर्यटन की दृष्टि से और सुदृढ़ बनाने के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना उनकी प्राथमिकता रहेगी उन्होंने कहा कि सिरमौर ज़िला में भी कई ऐसे स्थान हैं जिन्हें पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर विश्व मानचित्र पर लाने के प्रयास किए जाएंगे

प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सभी लोग सिराज के भाटकीधार में होने वाली चुनावी रैली में जा रहे थे पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सभी मृतकों के शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिए गए हैं मुरव्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों से संवेदना जताई है उन्होंने जिला प्रशासन को पीड़ितों के परिजनों को तत्काल राहत और हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश भी दिए

उपायुक्त अश्वनी कमार चौधरी ने क्षेत्रीय अस्पताल केलंग में बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारम्भ किया

इसके लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता आशा वर्कर और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तैनात किए गए हैं

च्नाव प्रशिक्षण धर्मशाला में आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए मतदान प्रक्रिया को लेकर आज माइक्रो ऑब्जर्वर्स को प्रशिक्षण दिया गया इस अवसर पर उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि निष्पक्ष और स्वतंत्र मतदान के लिए पोलिंग ब्रथों पर माइक्रो ऑब्जर्वर्स तैनात किए जाएंगे जो पूरी मतदान प्रक्रिया पर नज़र रखेंगे इस दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर्स को वीवीपैट और ईवीएम की विस्तृत जानकारी भी दी गई